मुजफ्फरपुर के स्वधार सुधार गृह से गायब ग्यारह महिलाओं की तलाश के लिए पुलिस ने आज विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की इस सुधार गृह का संचालन बालिका गृह यौन शोषण कांड का आरोपी ब्रजेश ठाकूर की संस्था करती थी इधर यौन शोषण कांड मामले की जांच के क्रम में ब्रजेश ठाकुर के परिजनों से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उसके घर पर गयी लेकिन परिवार के सभी सदस्य घर बंद कर फरार हो गये स्थानीय पुलिस ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी और संस्था की निदेशक मध्र कुमारी की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है हमारे संवाददाता केके कौशिक ने बताया कि सीबीआई जल्द ही गिरफ्तार किये गये दसों अरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत से अनुरोध करेगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज फिर एक बार दोहराया कि इस कांड के दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जायेगी दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस कांड से जुड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है नहीं तो क्या वजह है कि इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से अब तक पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है सीबीआई ने भोजपुर जिले के आरा स्थित जगदेव नगर में फर्जी तरीके से संचालित मेडिकल कॉलेज में छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किये हैं गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को जांच का आदेश दिया था संचालक गया प्रसाद निर्भय पर फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज चलाने और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की डिग्री गलत तरीके से प्रदान करने का आरोप है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा बैठक की बैठक के दौरान कम बारिश वाले जिलों सारण मुजफ्फरपुर वैशाली पटना और नालंदा में स्थिति पर नजर रखने का निर्णय किया गया इन जिलों में सामान्य से पचास प्रतिशत कम बारिश हुई है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य में सूखे के आसार नहीं है अभी तक सामान्य से तेईस प्रतिशत कम बारिश हुई है श्री कुमार ने बताया कि जरुरत पडी तो फिर बारह अगस्त को समीक्षा बैठक होगी मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मिलता रहेगा और किसानों को फसल सहायता योजना के लिये तेजी से काम होगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सभी चापाकलों को दुरुस्त करने को कहा गया है श्री कुमार ने कहा कि सभी प्रखंडों में वैकल्पिक फसल योजना भी लागू करने की तैयारी की जा रही है मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान धान की रोपणी और मक्के की खेती की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली उन्होंने कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए घोषित डीजल अनुदान सहायता और खेती के लिए बिजली की दरों में कटौती का लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिये इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कृषि मंत्री आपदा प्रबंधन मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री पश् और मत्स्य संसाधन मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपरिथित थे प्रदेश में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश से धान का रोपनी में काफी तेजी आई है कृषि विभाग के अनुसार अब तक पूरे राज्य में पचास प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल में धान की रोपनी हो चुकी है बांका लखीसराय और शेखपुरा ही ऐसे जिले हैं जहां दस प्रतिशत से भी कम रोपनी हुई है वहीं मक्के की बुआई लगभग पचहत्तर प्रतिशत हो चुकी है चालू खरीफ मौसम में चौंतीस लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है मॉनसून के देर से सक्रिय होने के कारण इस बार खरीफ फसलों की खेती प्रभावित हुई है अभी भी राज्य में सामान्य से चौबीस प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है प्रदेश भर के किसान फसल सहायता योजना के तहत अब इकतीस अगस्त तक निबंधन करा सकते हैं सहकारिता विभाग ने एक अहम बैठक में आज इस आशय से संबंधित फैसला लेते हुए निबंधन की तारीख बढ़ाने की घोषणा की किसानों का निबंधन ऑनलाइन किया जा रहा है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर छापेमारी कर एसडीएम के स्टेनो प्रूषोत्तम कुमार यादव को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है आरोपी शराब बंदोबस्ती के मामले को रफादफा करने के लिए घूस ले रहा था इधर छापेमारी की भनक पाकर अनुमंडल पदाधिकारी विद्यानंद पासवान अपने आवास से फरार हो गये मुंगेर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के मुर्गियाचक इलाके में एक ढ़ाई वर्षीय बच्ची खेलने के दौरान बोरवेल के खुले हुए गड्ढ़े में गिर गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि बच्ची पैंतीस फीट गहराई में फंसी हुई है जिला प्रशासन ने बच्ची को सकुशल निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर बुलाया है प्रलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर केंप किये हुए हें प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है खगड़िया मधुबनी सहरसा सीतामढ़ी किशनगंज बांका और सुपौल जिले में अधिकतर स्थानों पर मध्यम बारिश हुई है वहीं अररिया जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गयी सबसे अधिक आठ सेंटीमीटर बारिश अररिया जिले के फारबिसगंज में दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में सामान्य बारिश की संभावना जतायी है खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत राकोडीह गांव में खेत में काम करने के दौरान बिजली गिरने से एक किशोरी की मौत हो गयी जबकि कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत भरसिया गांव में बिजली गिरने से एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से झुलस गये घायलों में दो की स्थिति गंभीर बतायी जाती है प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है गंगा कोसी गंडक कमला बलान महानंदा और घाघरा नदियों का जलस्तर कुछ स्थानों पर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है गंगा नदी का जलस्तर गांधी घाट और हाथीदह पर खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर नीचे बना हुआ है पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान को पार कर गयी है वहीं महानंदा का जलस्तर ढेंगरा घाट और झौआ में खतरे के निशान के काफी नजदीक पहुंच गया है पटना उच्च न्यायालय ने मॉनसून की बारिश के बाद राजधानी पटना के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पर अपनी नाराजगी जतायी है न्यायालय ने पटना नगर निगम से इस बारे में जवाब मांगा है अदालत ने निगम से अब तक की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट दो हफ्ते में पेश करने का आदेश दिया है शेखप्ररा जिले को खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित किया गया है जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में जिला परिषद् की अध्यक्ष निर्मला कुमारी ने इसकी घोषणा की इस अवसर पर जिला मुख्यालय में प्रभातफेरी निकाली गयी और बाद में समाहरणालय स्थित परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जिलावासियों को बधाई दी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इक्कीस और बाईस अगस्त को गया में आयोजित होगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बताया कि बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे बिहार सैन्य पुलिस द्वारा नशामुक्ति को लेकर पूरे प्रदेश में पांच सौ से अधिक जनसभाओं का आयोजन किया जायेगा बीएमपी के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लोगों को नशामुक्ति के साथ साथ दहेज प्रथा बाल विवाह और सामाजिक कुरितियों के प्रति भी जागरूक किया जायेगा रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड के नाजिर संतोष कुमार सिंह को शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है राजधनी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी सेतु पर पाया संख्या अड़तीस के पास एक चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर गंगा नदी में गिर गया